चारधाम सहित ऊंचाई वाले हिस्सों में ताजा हिमपात होने की खबर

सतर्कता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस के प्रति पूरी तरह सतर्क है उन्होंने प्रदेश वासियों से अपील कि है कि वे कोरोना वायरस के प्रति सतर्कता अपनायें आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना से जुड़ा कोई भी मामला सामने नही आया है लेकिन सरकार इसके संक्रमण के प्रति सतर्कता अपना रही है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के संबंध में आगे भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी

सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिये शिक्षण संस्थान परीक्षा अवधि के दौरान खुले रहेंगे रोक देश में कोरोना वायरस के बढते मामलों को देखते हुए राज्य विधानसभा में बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी गई है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज इस संबंध में निर्देश जारी किये उन्होंने विधानसभा के प्रवेश द्वार पर सैनिटाजर रखने के निर्देश भी दिये हैं कोरोना वायरस के प्रति सतर्कता बरतने की अपील करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी अग्रिम आदेश तक बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रयोग ना करें उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से जुड़ा कोई मामला अभी तक नहीं आया है लेकिन सभी को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है स्क्रीनिंग कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मददेनजर राज्य से लगी नेपाल सीमा के पास आठ स्थानों पर आवाजाही करने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है साथ ही सभी एयरपोर्ट्स पर भी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है इन सभी चौकियो पर अभी तक कोई भी कोरोना संक्रमित संदिग्ध नहीं मिला है

अब तक देहरादून पंतनगर और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पर इक्तालीस हजार पांच सौ आठ यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है उपाय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी ब्रनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा है एक रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

मौसम राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रूक रूककर बारिश का दौर जारी है चारधाम सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों में ताजा हिमपात हुआ है राज्य के कुछ हिस्सों में आज ओलावृष्टि भी हुई मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है विभाग ने दो हजार पांच सौ मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान भी जताया है

विभाग ने इस अवधि के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान भी जताया है ऑल वेदर रोड प्रदेश में चारधाम यात्रा मार्ग का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है टिहरी जिले के जिलाधिकारी वी शणमुगम ने बताया कि चारधाम सड़क मार्ग पर तेजी के साथ निर्माण कार्य किये जा रहे हैं और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है जिले के मंज्यूड गांव की ग्राम प्रधान कुसुम नेगी और उप प्रधान रानी नेगी ने बताया कि इस सड़क के बनने से जहां एक ओर यातायात में सुविधा होगी वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा

इसके पूरा होने पर चार धाम यात्रा सुगम हो जाएगी आज लोकसभा में रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के लिये उत्तराखंड सरकार ने शत प्रतिशत जमीन उपलब्ध कराई है उन्होंने बताया कि सभी मंजूरियां मिल गयी हैं और इस परियोजना पर काम शुरू हो गया है गौरतलब है कि एक सौ पांच किलोमीटर इस परियोजना में सत्रह सुरंगे और सत्रह बड़े पुल भी बनाये जाने हैं कृषि मंत्री समीक्षा कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि किसानों को उत्पादों का उचित मूल्य मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि कलस्टर विकसित कर किसानों के उत्पादों को अधिक लाभप्रद बनाया जाए टिहरी जिले के नौथा में एग्रो कलस्टर बनाने के संबंध में देहरादून में आयोजित बैठक में कृषि मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि एग्रो क्लस्टर स्थापित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया जाए उन्होंने कहा कि कलस्टर आधारित इस योजना से कृषकों के उत्पाद में वैल्यू एडिसन किया जाएगा उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग के चौरानब्बे बगीचों को हार्टिकल्चर मार्किटिंग बोर्ड को सौंपा जायेगा इसका उददेश्य औद्यानिक फसलों के लिए मजबूत आधार संरचना तैयार कर गुणवत्ता परक उत्पादन तैयार करना और कृषकों को वैल्यू एडिसन द्वारा अच्छा मूल्य दिलाना है बैठक हरिद्वार जिले में चल रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने आज हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर के साथ बैठक में जिले की भूमिगत विद्युत लाइन पानी सीवर लाइन और गैस पाइप लाइन के निर्माण कार्यो की समीक्षा की